प्रधानमंत्री ने टोंक में आयोजित जनसभा में पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों पर हमले की खबरों को लेकर कहा हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है न कि कश्मीरियों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से करेगें अपने विचार साझा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत आज से होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इस देशव्यापी योजना का शुभारंभ करेंगे इसे लेकर प्रदेश में सभी पंचायत मुख्यालयों पर शिविर लगाए जाएंगे

इस योजना के लिए लघु सीमांत कृषक पोर्टल बनाया गया है काश्तकार ई मित्र पर जाकर इस पोर्टल पर प्रविष्टि करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद कश्मीरियों पर हमले के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है कल प्रदेश के टोंक जिले में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है न कि कश्मीरियों के खिलाफ प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के कारण कश्मीर ने बहत कष्ट झेला है

प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के अधिकांश देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पुलवामा आतंकी हमले के मामले के बाद भारत के साथ खडे हैं देश में शांति तब तक संभव नहीं है जब तक आतंकवाद का कारखाना नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाता

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर राजस्थान में किसानों का दस दिन में कर्ज माफ करने के नाम पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसका किसानों के साथ विश्वासघात करने का तरीका खुलकर सामने आ गया है

उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री से उनके द्वारा किये गये वादों का लेखा जोखा मांग रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से सुबह ग्यारह बजे प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा राज्य सरकार ने किसानों की कर्जमाफी के बाद अब उन्हें पेंशन की सौगात भी दे दी है

ये नियम अगले महीने की पहली तारीख से लागू होंगे श्री गहलोत ने प्रदेश के अन्नदाता किसान के वृद्धावस्था में सम्मान के साथ जीवन यापन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में इस योजना की घोषणा की थी

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने करौली में स्कूल बस के फर्श से फिसल कर हुई मासूम बच्चे की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटना न हो इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे

इस अवसर पर केर्नल राठौड़ दौड़ और रस्साकशी मुकाबलों के विजेता खिलाड़ियों को मोटरसाइकिल स्कूटी लैपटॉप और मोबाइल सहित साढे सात लाख रूपये तक के पुरस्कार वितरित करेगें इससे पहले कल जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र की आठों विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ और रस्साकशी के रोमांचक मुकाबले हुए